रायपुर जिले में लॉकडाउन की समय सीमा छब्बीस अप्रैल तक बढ़ा दी गई है इस दौरान जनसुविधा के लिए कुछ रियायतें भी दी गई हैं स्ट्रीट वेंडर ठेलों में फल सब्जियां राशन चावल दाल आटा खाद्य तेल नमक और दूध घर घर जाकर बेच सकेंगे यह छूट सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक रहेगी रायपुर जिले में बीते नौ अप्रैल से लॉकडाउन प्रभावशील है वहीं पशु चारा दुकानों को सुबह छह से आठ बजे तथा शाम पांच से साढ़े छह बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है वहीं दुर्ग जिले में भी लॉकडाउन की समय सीमा छब्बीस अप्रैल तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है इधर रायगढ़ और कोरबा जिले में भी लॉकडाउन की अवधि सत्ताईस अप्रैल तक तथा जशुपर जिले में छब्बीस अप्रैल तक बढ़ाने का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा लिया गया है रायगढ़ जिले में लॉकडाउन के दौरान सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक स्ट्रीट वेंडर ठेलों में फल सब्जियां बेच सकेंगे उधर नारायणपुर जिले में उन्नीस अप्रैल की सुबह छह बजे से छब्बीस अप्रैल की रात बारह बजे तक लॉकडाउन लगाया जाएगा वहीं दंतेवाड़ा जिले में कल अट्ठारह अप्रैल से लॉकडाउन लगेगा इस दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी अब तक प्रदेश के अट्ठाईस में से बाईस जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी हो चुका है मुख्यमंत्री लॉकडाउन रियायत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विभिन्न जिलों में जारी लॉकडाउन की अवधि में जनसुविधा के मद्देनजर कलेक्टरों को अत्यावश्यक सेवाओं सहित फल सब्जी दूध और रसोई गैस की डोर टू डोर डिलीवरी की अनुमति देने को कहा है साथ ही पेट्रोल पम्प दवाई दुकान रसोई गैस एजेंसी और अस्पताल तथा पशु आहार दुकान को खोलने की अनुमति प्रदान करने के निर्देश भी दिए हैं श्री बघेल ने कहा है कि सब्जी और फल की खेती करने वाले किसानों को कॉलोनियों तथा मोहल्लों में डोर ट्र डोर फल सब्जी बेचने की अनुमति दी जाएगी लॉकडाउन अवधि में कोई भी फल और सब्जी की दुकान नहीं खुलेगी किसानों से सीधे सब्जी भाजी और फल खदीदकर स्ट्रीट वेंडर उन्हें कॉलोनियों और गली मोहल्लों में घर घर जाकर बेच सकेंगे लॉकडाउन अवधि में बैंकों में सिर्फ बैंकिंग सेवा से संबंधित कार्य ही किए जाएंगे और यहां पब्लिक डिलिंग की अनुमति नहीं होगी एटीएम को चौबीस घंटे चालू रखने के लिए बैंक से राशि निकालकर एटीएम में फीड की जा सकेगी मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों को खोलने और उपभोक्ताओं को टोकन आधार पर खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करने कहा है प्रतिदिन अधिकतम पचास से अस्सी उपभोक्ताओं को टोकन के आधार पर राशन उपलब्ध कराया जाएगा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों में तीस लाख चार हजार से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण अभियान जोरशोर से जारी है कल प्रदेश में इकहत्तर हजार पांच सौ तिरानवे लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया इस बीच केन्द्र सरकार ने कहा है कि नये संक्रमित लोगों में से उनयासी प्रतिशत केवल दस राज्यों से हैं ये राज्य हैं छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र उत्तरप्रदेश दिल्ली कर्नाटक मध्यप्रदेश केरल गुजरात तमिलनाडु और राजस्थान वहीं देश में पैंसठ प्रतिशत कोविड मरीज केवल पांच राज्यों महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश कर्नाटक और केरल में हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या पांच लाख सोलह हजार से अधिक हो गई है कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के करीब पंद्रह हजार नए मरीजों की पहचान की गई है वर्तमान में राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख चौबीस हजार से अधिक है इस बीच कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से एक सौ अड़तीस लोगों की मौत हो गई वहीं प्रदेश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है प्रतिदिन तिरपन हजार से अधिक लोगों की कोरोना जांच की जा रही है रायपुर जिले में होम आइसोलेशन में इलाज और मॉनिटरिंग के दौरान मरीजों तथा उनके परिजनों को होम आइसोलेशन संबंधी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने कहा गया है

यह संविदा भर्ती तीन माह या अधिकतम कोरोना संक्रमण की अवधि तक के लिए होगी नियुक्त किए गए चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को संविदा दर के अनुसार मानदेय का भुगतान डीएमएफुफंड से किया जाएगा वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्र से दो सौ पचयासी वेंटीलेटर जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले ने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा है इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ को केन्द्र सरकार से पिछले साल दो सौ तीस वेंटीलेटर प्राप्त हुए थे प्रदेश के सभी जिलों में ऑक्सीजनयुक्त बिस्तर और आईसीयू की सुविधा बढ़ाई जा रही है उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक कोविड अस्पताल में वेंटीलेटर की आवश्यकता का आंकलन किया गया है वर्तमान में प्रदेश में दो सौ पचयासी वेंटीलेटर की अतिरिक्त आवश्यकता है इस बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि कोरोना महामारी के प्रबंधन के लिए शासकीय और निजी क्षेत्रों में व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है विभाग द्वारा शासकीय क्षेत्र में तेरह हजार ऑक्सीजनयुक्त बिस्तरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का लक्ष्य है

वहीं दुर्ग जिले में क्रेडाई ने चंद्रलाल चंद्राकर कोविड केयर अस्पताल को सात कंसट्रेटर मशीन प्रदान की है इसी तरह कोविड केयर सेंटर कचांदुर में ऑक्सीजन कंसट्रेटर मशीन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है भिलाई नगर निगम प्रशासन द्वारा दस लाख रूपये की लागत से बीस ऑक्सीजन कंसट्रेटर मशीन की खरीदी की जाएगी एनएमडीसी के नगरनार इस्पात संयंत्र ने बस्तर जिला प्रशासन को ऑक्सीजन के एक सौ पचास बड़े सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं उधर महासमुंद जिले में राईस मिल एसोसिएशन ने भी एक ऑक्सीजन कंसट्रेटर मशीन जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई है वहीं राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा सौ ऑक्सीजन सिलेंडर जिले को प्रदान किया गया है इसके अलावा सत्तर नये ऑक्सीजन सिलेंडर तथा अन्य स्थानों से भी ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जा रही है

इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिखाए गए प्रस्तुतिकरण में प्रतिदिन आ रहे कोरोना संक्रमण के नये प्रकरणों की तुलना में स्वस्थ हो रहे मरीजों का अनुपात कम दिखाया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ की औसत दर तेरह दशमलव छह प्रतिशत देखी गई है ऑक्सीजन आपूर्ति रेमडेसिविर और टीकाकरण के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्यों को यह बताया गया है कि किन किन संयंत्रों से ऑक्सीजन मिलेगी केंद्रीय गृह सचिव ने एक आदेश जारी कर बताया है कि ऑक्सीजन ले जा रहे सिलेंडर वाहनों की राज्यों के बीच बिना रूकावट आवाजाही रहेगी पिछले साल की तरह इस बार भी एक लाख ऑक्सीजन सिलेंडर उपार्जन किया जाना है जिसके लिए बत्तीस ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिए गए हैं टीकाकरण के अनुपात के हिसाब से राज्यों को वैक्सीन प्रदान की जा रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के लिए सात कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है इन कंपनियों द्वारा उनतीस लाख इंजेक्शन बनाने की क्षमता है वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए श्री सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस समय कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद चिंताजनक है बीते सोलह अप्रैल को राज्य की औसत पॉजिटिविटी दर लगभग तीस प्रतिशत थी उन्होंने सुझाव दिया कि जिन राज्यों का टीकाकरण प्रतिशत कुल आबादी का सोलह से सत्रह प्रतिशत से ऊपर पहुंच रहा है वहां पैंतालीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का भी टीकाकरण किया जाना चाहिए राज्यपाल अपील राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों से कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सजगता और सतर्कता बरतने की अपील की है उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शासन के दिशा निर्देशों का पालन करें और विशेष सावधानी बरतें सभी पात्र लोग कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं और वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करें

इसमें कहा गया है कि कोरोना मरीजों के उपचार के लिए विभाग ने इस चिन्हांकित निजी अस्पतालों के कुल संचालित बिस्तरों में से सत्तर प्रतिशत बिस्तरों में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक ट्वीट में बताया है कि स्वास्थ्य विभाग ने नब्बे हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन आपूर्ति का ऑर्डर दिया है इसमें से दो हजार इंजेक्शन दो दिनों के भीतर और अट्ठाईस हजार इंजेक्शन एक हफ्ते के भीतर प्रदेश को मिल जाएंगे इसके बाद हर हफ्ते तीस हजार इंजेक्शन राज्य को प्राप्त होंगे वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है जिसे रोकने की जरूरत है राज्य सरकार द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता के बारे में प्रदेशवासियों को सही जानकारी दी जानी चाहिए इधर रायपुर जिले में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है वहीं दुर्ग जिले में भी खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चार रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किया है इस बीच रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने कहा है कि हर कोविड पॉजीटिव मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है इससे केवल कम गंभीर और अधिक गंभीर कोविड मरीजों को लाभ हो सकता है उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर घबराहट न फैलाएं और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार ही इसका उपयोग करें कोरोना कलेक्टर राशि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत जीवनदीप समिति के माध्यम से दी गई राशि का उपयोग अब जिला कलेक्टर अपने स्वविवेक से कर सकेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर दिशा निर्देश दिए हैं इसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत शासकीय अधोसंरचनाओं को विकसित करने के लिए जीवनदीप समितियों के जरिये मुख्यमंत्री सहायता कोष से आवंटित राशि के उपयोग की अनुमति दी गई है वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री और दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने अहिवारा विधानसभा के कोरोना पीड़ितों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विधायक निधि से तीस लाख रूपये खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की है आईसीएसई परीक्षा स्थगित कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आईसीएस ई बोर्ड ने इस वर्ष दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं बोर्ड ने सूचित किया है कि परीक्षा की नई तारीखों पर अंतिम निर्णय जून के प्रथम सप्ताह तक लिया जाएगा दसवीं के परीक्षार्थियों को यह छूट होगी कि वे बाद में परीक्षा दें या परीक्षा न देने का विकल्प चुनें इससे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी बीएसई ने भी इस वर्ष होने वाली दसवीं की परीक्षा रद्द कर दी थी जबकि बोर्ड की बारहवीं की परीक्षा स्थगित की गई है रेलवे मास्क जुर्माना भारतीय रेल ने रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है मंत्रालय ने देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये कदम उठाया है रेल मंत्रालय ने सभी रेल जोन के महाप्रबंधकों को इस संबंध में पत्र लिखा है मंत्रालय ने कहा है कि कोन्द्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले छह महीने तक लागू करेगा श्रम कानून पालन श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने प्रदेश में श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं उन्होंने कोरोना संकट काल में किसी भी प्रकार से कर्मचारियों के साथ अन्याय किए जाने की शिकायत पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है श्रम विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि नगरीय निकायों के अधीन ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत् सफाई कर्मचारियों को शासन द्वारा उपलब्ध सुविधाएं मुहैया कराई जाए सफाईकर्मियों को लॉकडाउन अवधि में कार्य से पृथक करने की धमकी देने की शिकायत पर ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं संक्षिप्त समाचार संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित नेशनल डिफेंस और नेवल एकेडमी की परीक्षा कल अट्ठारह अप्रैल को दो पालियों में आयोजित की जाएगी इसके लिए रायपुर में आठ केन्द्र बनाए गए हैं रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित एक निजी अस्पताल में आग लगने से एक मरीज की जलकर मौत हो गई वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है

कोंडागांव कलेक्टर ने जिले के सभी राजस्व न्यायालयों की न्यायालीन कार्रवाई को आगामी आदेश तक स्थगित रखने के निर्देश जारी किए हैं महासमुंद जिले में पदस्थ आदिम जाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त एनआर देवांगन और जनपद पंचायत महासमुंद के सीईओ सुदर्शन बगरती का निधन हो गया है दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में माओवादियों ने समेली बुरगुम मार्ग पर सड़क काटकर और पेड़ गिराकर आवागमन को बाधित करने का प्रयास किया और महासमुंद जिले में वन विभाग की टीम ने तेंदुएं के नाखून के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है